प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी न भारत में दुनिया के लिए विश्व स्तरीय उत्पाद बनाने की जरूरत पर जोर दिया है वीडिया कांफ्रेंस के जरिए नैसकॉम टैक्नोलॉजी और लीडरशिप फोरम को आज संबोधित करते हुए श्री मोदी ने स्टार्टअप और नवोंमेषकों से उत्कृष्टता के वैश्विक मानदंड स्थापित करने वाले उत्पादों को बनाने का अनुरोध किया उन्होंने कहा कि टैक्नोलॉजी से नागरिकों का सशक्तिकरण हुआ है और सरकार के साथ उनका संपर्क स्थापित हुआ है लोगों को डिजिटल रूप में सहज जानकारी दने और समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति तक सेवाएं पहुंचाने में भी टैक्नोलॉजी प्रभावी रही है श्री मोदी ने कहा कि भारत में नवीन विचारों की कमी नहीं है इसे पथ प्रदर्शकों की जरूरत है जो विचारों को मूर्त रूप प्रदान करने में मदद कर सकें श्री मोदी ने कहा कि जब पूरा विश्व घर की चार दीवारी में सीमित था तब देश का आई टी सेक्टर पहले की तरह ही समर्पण और निष्ठा से काम करता रहा बाइट कोरोना के दौरान भारत ने जो सॉल्यूशन्स दिए हैं वो आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा हैं और जैसा अभी आप सब साथियों को मुझे सुनने का मौका मिला सीओज ने जो बताया इसमें भी भारत की आईटी इंडस्ट्री ने कमाल करके दिखाया है वेन द दीप्स वर डाउन यॉर कोर कैप थिंग्स रनिंग जब पूरा देश घर की चार दीवारी में सीमट गया था तब आप घर से ही इंडस्ट्री को स्मृदली चला रहे थे बीते साल में आंकड़े दुनिया को भले ही चकित करते हो आपकी क्षमताओं को देखते हुए भारत के लोगों को ये बहुत स्वभाविक लगता है श्री मोदी ने कहा कि पहले भारत टीकों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था लेकिन आज आज स्वयं दूसरे देशों को कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है बाइट कोरोना के दौरान भारत के ज्ञान विज्ञान हमारी टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ खुद को साबित किया है बल्कि खुद को इवाल्व भी किया है एक समय था जब हम स्मॉल पॉक्स के टीके के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर थे एक समय ये भी है जब हम दुनिया के अनेकों देशों को मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन्स दे रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि सरकार जानती है कि अवरोधों से भविष्य का नेतृत्व कभी विकसित नहीं हो सकता सरकार टैक्नोलॉजी उद्योग से सभी गैर जरूरी नियमों को हटाने की कोशिश कर रही है राज्य विधानमंडल का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है

सत्र संचालन के लिये सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट यह दूसरी बार है जब सदन का संचालन कोविड प्रतिबंधों के बीच किया जा रहा है विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने बताया कि सत्र को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिये सभी जरूरी तैयारियां कर ली गई है सदन के सभी सदस्यों कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों की कोरोना जांच करा दी गई है सदन में किसी को भी थर्मल स्क्रीनिंग के बगैर जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी मीडिया के लिये इस बार तिलक हाल में ही बैठने की व्यवस्था की गई है आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं से सत्र को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिये सहयोग मांगा प्रतिपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी बसपा दल के नेता लालजी वर्मा और कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना ने सहयोग का आश्वासन देते हुए मांग की कि बजट पर नियमानुसार विस्तृत चर्चा कराई जाये कृषि कानूनों के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन और कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों के चलते विधानमंडल का सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर जिले में साठ करोड़ रूपये से अधिक लागत की तीन परियोजनाओं का लोकार्पण और एक परियोजना का शिलान्यास किया

श्री योगी ने हाबर्ट बंधे से गुरू गोरक्षनाथ घाट तक सीसी रोड और नाली निर्माण का शिलान्यास भी किया इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए श्री योगी ने कहा कि राप्ती नदी पर घाटों के बनने से श्रद्धालुओं को स्नान और पूजन में सुविधा होगी

मुख्यमंत्री ने नदियों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सभी को इनके प्रति पवित्रता का भाव रखन के साथ जल संस्कृति को अपनाना होगा इसके लिये जरूरी है कि राप्ती नदी की निर्मलता को बनाये रखा जाये श्री योगी ने कहा कि गोरखपुर ज़िले के विकास के लिये अनेक योजनाएं संचालित है रामगढ़ ताल में सी प्लेन उतारने का काम होगा वहीं गोरखपुर में सड़कों का चौड़ीकरण तेजी से कराया जा रहा है तथा चार लेन सड़कों को छह लेन मुख्यमंत्री ने सौ दिव्यांगजनों को मोटराइज टाई साइकिल भी बांटी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

प्रदेश में कोरोना संक्रमण में लगातार कमी आ रही है

उन्होंने कहा कि कोरोना का संक्रमण कम हुआ है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है इसलिये सभी लोगों को कोविड प्रोटोकाल का पालन जरूर करना चाहिये

सरकार कोरोना से बचाव के लिये सभी उपाय कर रही है

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को कारगर ढंग से संचालित करने के लिये दो स्तरीय समिति बनाई गई है एक समिति राज्य स्तरीय और दूसरी समिति मंडलोय स्तर पर कमिश्नर की अध्यक्षता में बनाई गई है समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने अभ्युदय योजना के क्रियान्वयन से संबंधित समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी

उन्होंने बताया कि अभ्यूदय योजना के पोर्टल को लाभार्थियों के पंजीकरण के लिये दस फरवरो से क्रियाशील कर दिया गया है जिस पर लाभार्थियों द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई के तहत बनने वाली सड़के निर्धारित समयावधि में पूरी करने का निर्देश दिया है पीएमजीएसवाई की समीक्षा करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता की नियमित जांच करने के साथ साथ नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया जाये

नीति आयोग की महत्वाकांक्षी परियोजना सेवापुरी विकास अभियान के तहत वाराणसी के सेवापुरी विकासखंड को देश का पहला माडल ब्लाक बनाने के लिये प्रभावी कदम उठाये गये हैं जन जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन के लिये पंचायत स्तरीय चौपाल बैठकें स्वच्छता और आरोग्य स्वास्थ्य मेलों का आयोजन इस अभियान का हिस्सा बन चुके हैं इसी क्रम में सेवापुरी में शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है मेरा घर मेरा स्कूल अभियान के तहत मोहल्ला कक्षाएं संचालित की जा रही हैं जिनमें कक्षा एक से पांचवीं तक के विद्यार्थियों को मोहल्ला कक्षाओं में मानचित्र व कविता के माध्यम से भाषा और सामान्य ज्ञान की जानकारी दी जा रही है इसके अलावा नई शिक्षण सामग्री से इन कक्षाओं को जोड़ा गया है

मुख्य विकास अधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने आशा जाहिर की है कि अगले माह से विद्यालय खुलने के बाद इस प्रक्रिया को और गति मिलेगी

समाप्त